प्रदेश में कोविड उन्नीस के आज दो और नये मामले सामने आये

सैंतीस लोग हो चुके हैं स्वस्थ केन्द्र द्वारा चिन्हित हॉट स्पॉट जिलों में सिवान को किया गया शामिल

आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं में दी जायेगी छूट

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस संक्रमण के दो नये मामले सामने के साथ ही इस वैश्विक महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौहत्तर हो गयी है आज जिन दो नये मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई वे बक्सर जिले के हैं और तबलीगी जमात में शामिल हुए थे इन दोनों ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल की भी यात्रा की थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक प्रदेश के तेरह जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं पच्चीस जिले पूरी तरह सुरक्षित हैं वहीं सैंतीस मरीजों को इलाज के बाद छूट्टी दे दी गयी है बिहार में अब तक पचास प्रतिशत मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है राज्य में अब तक केवल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है अभी छत्तीस मरीजों का इलाज चल रहा है इधर कल जिन छह लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी उसमें वैशाली जिले के मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं पायी गयी है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मरीज कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और इस दौरान वह इलाज के सिलसिले में पटना और गया आया था मरीज के गांव जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर पूर्वी को सील कर दिया गया है और उसके निकट संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है साथ ही पटना के बाईपास इलाके और खुसरूपुर के जिस निजी अस्तपाल में उसका इलाज हुआ था उसे भी सील कर दिया गया है कोविड उन्नीस संक्रमण पीड़ितों का पता लगाने के लिए आज से राज्य के चार जिलों सीवान बेगूसराय नवादा और नालंदा के आठ हजार गांवों में घर घर जाकर जांच शुरू हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह सर्वेक्षण पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तरह किया जा रहा है एक दल में दो सदस्य रखे गये हैं और इन्हें प्रतिदिन दो सौ लोगों से प्रश्नोत्तरी फार्मेट में संबंधित जानकारियां एकत्र करने को निर्देश दिये गये हैं जांच के दौरान यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता चलेगा तो उसे आगे की स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जाएगा श्री कुमार ने बताया कि जांच का काम इस महीने की चौबीस तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि जिस जगह कोविड उन्नीस संक्रमण के रोगियों का पता चला है उसके आवासीय परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले हरेक घर की पहले से ही जांच हो रही है वहीं देशभर में अब तक कोविड़ उन्नीस महामारी के कुल बारह हजार सात सौ उनसठ पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं इनमें से एक हजार पांच सौ चौदह रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है जबकि चार सौ बीस लोगों की इस बीमारी से मृत्यू हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड उन्नीस से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है

देश में कोविड उन्नीस के संक्रमण की बढ़ रही संख्या के विषय में दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने बताया कि जांच की संख्या बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है

टेस्टिंग ज्यादा होने की वजह से मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं यह नम्बर कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई भयावह स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है पहले तीन सौ मामले आ रहे थे चार सौ आ रहे थे पांच सौ आ रहे थे अमी हजार आ रहे हैं अगर आप इटली फ्रांस यूएस से कम्पेयर करें तो वहां हर दूसरे दिन मामले डबल हो रहे थे आज दो सौ कल चार सौ फिर आठ सौ फिर सोलह सौ फिर बत्तीस सौ तो उससे अगर हम तुलना करें तो हमारे मामले अमी भी काफी कम हैं बहुत ज्यादा चिंता वाली स्थिति नहीं मानता हूं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के मामले को देखते हुए देश भर के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है अब तक एक सौ सत्तर हॉटस्पॉट जिले और दो सौ सात गैर हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की गई है साउंड बाईट देश के हर जिले उसको हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट नॉन हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट लेकिन वहां पर केसिज रिपोर्ट हो रहे हैं और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहां पर कि कोई केसिज नहीं आए हैं उसमें बांटा गया है हॉट स्पॉट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज्यादा केसिज आ रहे हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो डब्लिलिंग रेट ऑफ केसिज वहां पर कम हैं केन्द्र द्वारा चिन्हित हॉट स्पॉट जिलों में बिहार के सीवान को शामिल किया गया है कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मददेनजर जिले को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है इस श्रेणी के जिलों में बीस अप्रैल के बाद छूट में रियायत नहीं दी जायेगी वहीं नॉन हॉट स्पॉट की श्रेणी में मुंगेर बेगूसराय और गया जिले को शामिल किया गया है यानी इन जिलों में हॉट स्पॉट जिलों की तुलना में प्रतिबंधों में थोड़ी ढील रहेगी राज्य के वैसे जिले जहां अभी तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया हैं उन्हें हरित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है यानी यहां प्रतिबंधों में सबसे अधिक छूट दी जायेगी गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने तीन श्रेणियों में जिलों को बांटा है और इसी आधार पर बीस अप्रैल के बाद प्रतिबंधों में छूट मिलेगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि विस्तारित लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर रोक रहेगी

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए इस सम्बंध में अधिसूचना जारी की है

चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि लॉकडाउन को प्रभावशाली तरीके से लागू करने से कोविड उन्नीस महामारी पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है आकाशवाणी से बातचीत करते हुए जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन कोविड उन्नीस वायरस के संक्रमण दर को प्रभावशाली ढंग से कम कर रहा है साउंड बाईट लॉकडाउन को अगर हम कम कम करना चाहे तो कभी भी हमें उसको एक हल्की रफ्तार से करनी चाहिए एकदम से नहीं क्योंकि अमी भी ये वायरस का खतरा मंडरा रहा है और जितना हम लोगों को बचा सके ये वायरस का खतरा से उतना बेहतर है इसलिए धीरे धीरे ही हमें ये लॉकडाउन को हटाना चाहिए एकदम से नहीं अरवल जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है आरक्षी अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से नौ लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है वहीं समस्तीपुर पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले ग्यारह सौ लोगों के विरूद्ध कार्रवाई कर ग्यारह लाख रूपये जुर्माने के रूप में वसूला है पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि कार्रवाई के तहत सत्रह लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है इधर मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये एनसीसी कैडेट्स कार्य कर रहे हैं इधर सीतामढ़ी जिले में प्रशासन ने कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायत के बाद उनचास दुकानों में छापेमारी की है नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया कि डाक विभाग की ओर से जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है अररिया जिले के पलासी और सिकटी प्रखंड के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर से पचास मजदूरों को चौदह दिन की अवधि पूरी होने के बाद घर भेज दिया गया है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश के जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके सर्वेक्षण के लिये जीविका समूहों को लगाया गया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि रद्द किये गये राशन कार्ड और लंबित आवेदनों के निपटारे का काम भी युद्धस्तर पर जारी है और इसे एक से दो दिनों के भीतर पूरा कर लिया जायेगा लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है निबंधित किसान अभी धान के लिए अधिसूचित केन्द्रों पर गेहूँ भी बेच सकते हैं साथ ही जिन किसानों का निबंधन अभी तक नहीं हुआ वे सहकारिता विभाग की वेबसाईट पर जाकर अपना निबंधन भी करा सकते हैं चालू सीजन में गेहूँ की दर एक हजार नौ सौ पच्चीस रूपये प्रति क्विंटल तय की गयी है राज्य सरकार ने इस बार दो लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीस अप्रैल से द्रदर्शन के माध्यम से नौंवी और दसवीं के विद्यार्थियों के लिये कक्षाओं का संचालन करेगा ये कक्षाएं द्रदर्शन बिहार पर सुबह ग्यारह बजे से बारह बजे तक एक घंटे के लिये चलेंगी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कमारी ने बताया कि अब तक लगभग तीन लाख चालीस हजार विद्यार्थियों ने निबंधन करवाया है उन्होंने बताया कि अगले तीन महीने तक ये कक्षाएं चलेंगी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं और मिल रही छूट का लोगों ने स्वागत किया है वहीं आकाशवाणी से बातचीत में कुछ लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जन धन खातों में पैसा आने से काफी सहलूयित हो रही है

एक ट्वीट में पीआईबी ने इस खबर को पूरी तरह निराधार बताया है दिल्ली के एक पॉली क्लीनिक में कोरोना ड्यूटी को लेकर तैनात डॉक्टर जयप्रकाश यादव का आज उनके पैतुक गांव सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के भूरा में अंतिम संस्कार किया गया सोमवार को ड्यूटी से लौटने के समय एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गयी थी औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में कोरोना जांच टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने चौवालीस लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि कोरोना जांच टीम पर हुए हमले के किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा जायेगा उन्होंने कहा कि ऐसी घटना में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस के आज दो और नये मामले सामने आये

सैंतीस लोग हो चुके हैं स्वस्थ केन्द्र द्वारा चिन्हित हॉट स्पॉट जिलों में सिवान को किया गया शामिल

आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं में दी जायेगी छूट